हिन्दी में संबोधन के तुरंत बाद अंग्रेजी में इसका प्रसारण किया जायेगा राष्ट्रपति अभिभाषण के हिन्दी औश्न अंग्रेजी में द्रदर्शन से प्रसारण के बाद द्रदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी से रात साढे नौ बजे किया जायेगा

मुख्य समारोह कल नई दिल्ली में राजपथ पर होगा जहां राष्ट्रपति रामनाथ काविंद परेड की सलामी लेंगे ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोनलो नैरो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे

इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण हाल ही में शामिल किए गए चिकून और अपाचे हेलीकॉप्टरों सहित सुखोई और अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टरों का फ्लाई पास्ट होगा इस अवसर पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला दल अपनी कला का प्रदर्शन करेगा

हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि यमुनानगर के पुलिस इंस्पेक्टर रामकुमार और पंचकूला के सब इंस्पेक्टर प्रर्मोद चंद को विशिष्ट सेवाओं के लिए यह सम्मान मिला है उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस अकादमी के पुलिस अधीक्षक कृष्ण मुरारी हिसार के पुलिस अधीक्षक शिवचरण तथा पुलिस अधीक्षक यातायात करनाल ओमवीर सिंह को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से नवाजा गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया से वैश्विक समुदाय में इसका गौरव बढा है उन्होंने कहा कि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है

ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे सूचना प्रोद्यौगिकी सुरक्षा प्रबंधन चुनाव प्रबंधन और मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में दिये गए हैं इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा भी उपस्थित रहे

इस वर्ष का विषय वस्तु हैः सशक्त लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता यह विषय मतदाता शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने और चुनाव प्रकिया में नागरिकों का विश्वास बहाल करने के लिए साल भर चलने वाली गतिविधियों के लिए रखा गया है

राष्ट्रीय मताधिकार दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में हरियाणा के राज्यपाल ने सभी नागरिकों को मताधिकार के प्रयोग की शपथ दिलाई व चुनाव प्रतीक लॉगो का भी लोकार्पण किया चुनाव के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों एवं जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया पंचकूला में इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं गणतन्त्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के नागरिक वोट का अधिकार बिना किसी भय बाधा और पूर्ण स्वतंत्रता से कर सके इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है पलवल जिला प्रशासन द्वारा आज स्थानीय महात्मा गांधी सामुदायिक केन्द्र एवं पंचायत भवन पलवल में दसवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया अतिरिक्त उपायुक्त विवक पदम सिहं ने कहा कि समयानुसार चुनाव पद्वति में बदलाव आया है एक श्रेष्ठ लोकतंत्र के लिए मतदाताओं का जागरूक होना अति आवश्यक है उधर अंबाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने युवाओं को मतदान का महत्व बताया इस अवसर पर एक जागरूकता रैली भी निकाली गई इसी तरह यमुनानगर के डीएवी गर्लस कॉलेज में भी एक समारोह करवाया गया समारोह में सभी अधिकारियों ने मतदाता जागरूकता अभियान के पट्ट पर अपने अपने हस्ताक्षर किए वहीं जिले के अन्य शिक्षण संस्थानों में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया इसके अलावा करनाल में जिला विधिक सेवायें प्राधिकरण की ओर से इस अवसर पर शहर में विभिन्न स्थानों पर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया

वोट एक ऐसी ताकत है जिससे देश के भविष्य की नींव रखी जाती है और प्रत्येक व्यक्ति का वोट राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है

वे समझौते स्वास्थ्य जैविक ऊर्जा सहयोग भू विज्ञान और खनिजों सहित बहत से क्षेत्रों से संबंधित हैं बातचीत उपरांत श्री मोदी ने एक बयान में कहा कि श्री बोलसो नैरो का यह दौरा दोनो देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण हैं उन्होंने कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि राष्ट्रपति बोलसो नैरो इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के मुख्यातिथि हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्राजील की रणनीतिक भागीदारी सांझे आदर्शो पर आधारित है उन्होंने कहा कि दोनो देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिल कर काम करते हैं और विकास की यात्रा में एक दूसरे के सांझेदार हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उद्योग सहयोग को बढाने के लिए ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की कामी संभावना है क्योंकि भारत और ब्राजील दोनो विकासशील देश हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्रामीणों को मनोहर तोहफा दिया है

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं का आहवान करते हुए कहा कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत मात्र कुछ औपचारिकताएं पूरी करके ग्रामीण बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निवारण करने का निर्देश दिया वे आज सिरसा में आमजन की समस्यायें सुनने उपरांत अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी उन्होंने कहा कि अधिकारी बिजली संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लें और शिकायत केन्द्रों पर लोगों की शिकायतों को ध्यान से सुनें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार सांझा करेंगे

मन की बात कार्यक्रम के मद्देजनर आकाशवाणी से शाम को प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचारों के समय में बदलाव किया गया है